इस अवसर पर मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई है वहीं अन्नकूट प्रसादी वितरण के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए है राजसमंद जिले के नाथद्वारा में वल्लभ सम्प्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मन्दिर में आज अन्नकूट उत्सव का विशेष आयोजन किया जा रहा है नाथद्वारा के इस प्रसिद्ध अन्नकूट महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रदेश के अलावा गुजरात मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से श्रद्धाल पहुंच रहे है विभिन्न प्रान्तों से आने वाले श्रद्वालुओं के लिए मन्दिर मण्डल द्वारा आवास सुरक्षा और दर्शन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है आज के दिन पशुपालक विशेष रूप से पशुओं का श्रृंगार करेंगे ग्रामीण अंचलों में भी पशु मेलों का आयोजन किया जा रहा है बाड़मेर और जालौर जिले के ग्रामीण इलाकों में आज पश् दौड़ के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है जयपुर के गोविन्द देवजी मन्दिर में आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है

ठाकुरजी को सुनहरी पोशाक धारण कराकर विशेष आभूषणों से अलंकृत किया जाएगा इससे पहले कल दीपावली प्रदेशभर में पारम्परिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गयी उधर झंझनू में दिवाली के मौके पर दरगाह कमरूद्दीन शाह में दीपक जलाए गए तथा आतिशबाजी के साथ हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी दरगाह में करीब दो सदियों से यह परंपरा चली आ रही है बाड़मेर जिले के बालोतरा के मुख्य बाजार में कल आग लगने से कई दुकानों में नुकसान हो गया वहीं जिला मुख्यालय के पटाखा बाजार में भी आग लगने की खबर है

सवाईमाधोपुर जिले में दीपोत्सव पर रणथम्भौर रोड स्थित होटलों में देशी विदेशी पर्यटकों ने उत्साह के साथ दीपावली का पर्व मनाया और आतिशबाजी की

प्रधानमंत्री ने भारतीय रक्षा बलों के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हीं के दम पर ये सम्भव हुआ है कि केन्द्र सरकार वो फैसले ले पायी जो असम्भव माने जाते थे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना के साहस और शौर्य का भी उल्लेख किया तथा देश के लोगों की ओर से उत्कृष्ट सेवाओं के लिये उन्हें धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने भारतीय सुरक्षा बलों को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया

वे आज देर रात रियाद पहुंचेगें प्रधानमंत्री कल सऊदी अरब के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र को सम्बोधित करेंगे वे सऊदी नरेश सलमानबिन अब्दुल अजीज के साथ बैठक करेंगे और युवराज मोहम्मदबिन सलमान के साथ शिष्टमण्डल स्तर की वार्ता में हिस्सा लेगे

पांच करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन केन्द्रों में गायों के लिए टीन शेड के बाड़े बनाये जायेंगे श्री गहलोत ने कल गौशाला का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया इस मौके पर कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मौजूद थे

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रमोन्नत होने से अब इस चिकित्सालय से एक लाख आबादी को इसका लाभ मिलेगा

अब महिलाओं को इस अस्पताल से प्रसव की भी सुविधा मिल सकेगी

इस राशि को विद्यालय के विकास में पुस्तकें खरीदने और नया फर्नीचर सहित अन्य सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा

पीड़िता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नामजद लोगों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए है